राज्य में अवैध खनन के साथ हो रही अवैध वसूली और खुले अवैध नाको के खिलाफ राज्य सरकार अभियान चलायेगी प्रदेश में कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदनों का तीन महीने में निस्तारण कर खातों में राशि हस्तान्तरित कर दी जाएगी

प्रत्येक मंत्रालय के लिए पांच वर्ष की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरूप इसे अंतिम रूप दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस योजना को तैयार किया गया है वरिष्ठ शिक्षाविदों प्रशासकों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधित्व वाले विशेषज्ञ समूहों ने पचास से अधिक पहल का सुझाव दिया है जिनसे उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आएगा

इससे वाहन प्रद्वषण में नब्बे प्रतिशत तक की भारी कमी आयेगी प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाना वायु प्रद्षण का एक प्रमुख कारण है और वे इस मुद्दे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे

जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्व तरीके से काम कर रही है उन्होंने कहा कि आम आदमी से लेकर कारपोरेट घरानों तक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए श्री शेखावत ने कहा कि पानी के सूखते स्रोत मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है

केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जन प्रतिनिधियों स्वंयसेवी संगठनों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के सभी खण्डों में ये अभियान चलाया जायेगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि अभियान के तहत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन परम्परागत और अन्य जलाशयों की मरम्मत जलग्रहण क्षेत्र विकास और सघन व्रक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किये जायेगें

उन्होंने इस संबंध में कौशल विकास प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और मौद्रिक सहायता सहित सरकार के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया

दैनिक जीवन में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ाने और नीति निर्माण में सांख्यिकी की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है

खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में अवैध खनन को लेकर सरकार चिंतित और सतर्क है

जो भी दोषी होगा उसके विरूद्व सख्त कदम उठाये जायेंगे उन्होंने बताया कि अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर राजस्व विभाग पुलिस यातायात खनिज विभाग को संयुक्त जिम्मेदारी दी गई है

कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने ये जानकारी दी टीकाराम जूली ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही मिले इसके लिए सत्यापन कार्य किया जा रहा है तीन माह में सभी लम्बित आवेदनों का सत्यापन कर पात्र लोगों को राशि हस्तान्तरित कर दी जाएगी

महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है

राजस्थान के दौसा जिले की एक महिला उद्यमी गीता देवी का नाम तीन साल पहले प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आया था

इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के विकास में आरएएस अधिकारियों का सहयोग काफी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से प्रशासनिक अधिकारियों की समस्याओं को ध्यान में रखा है और उनका समाधान भी किया गया है इस अवसर पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे

राज्य प्रद्षण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव ने बताया कि ईंट भट्टा इकाईयों को जिग जेग तकनीक में बदलने से न केवल ईट भट्टों से निकलने वाले प्रद्षक तत्वों की मात्रा में कमी आयेगी बल्कि इन उद्योगो में कोयले की खपत भी कम होगी